विधानसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित

और प्रदेश के कई इलाकों में आज भी हुई बारिश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हड़ताली नियोजित शिक्षकों से राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग देने की अपील की है विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद जवाब देते हुए श्री कुमार ने कहा कि शिक्षकों की हड़ताल गैर कानूनी है उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के वेतन बढ़ाने संबंधी मांग को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है श्री कुमार ने रोजगार के मुद्दे पर विपक्षियों के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि दो हजार पांच से अब तक राज्य में एक लाख से ज्यादा नियुक्तियां की गयी हैं जबकि उन्नीस सौ नब्बे से दो हजार पांच तक केवल उन्नीस हजार नियुक्तियां की गयी थीं मुख्यमंत्री ने इससे पहले विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद जवाब दिया और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है साउंड बाईट क्शल युवा कार्यक्रम में पूरे बिहार में एक हजार सात सौ सत्रह प्रशिक्षण केंद्र संचालित अब तक नौ लाख पचास हजार दो सौ चोंसठ लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और अभी नवासी हजार चार सौ छह युवाओं का प्रशिक्षण जारी है फिर पांच सौ करोड़ रूपये के वेंचर कैपिटल फंड का गठन और ईक्यूवेशन सेंटर की स्थापना की गई इसका भी काफी इसमें ग्यारह हजार सात सौ बारह आवेदन प्राप्त हया उस पर आखिर काम बढ़ता चला गया वाद विवाद के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठाया उन्होंने कहा कि राज्य अब भी ब्रुनियादी सुविधाओं के मामले में बहुत पीछे है श्री यादव ने आरोप लगाया कि राज्य में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान भाजपा के सदस्यों ने कई बार टोका टोकी और हंगामा किया विधानसभा में आज विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जिससे सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और सीपीआईएमएल के सदस्यों ने नियोजित शिक्षकों की हड़ताल का मुद्दा उठाया दोनों दलों की ओर से अवधेश कुमार सिंह और महबूब आलम ने कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने इस मुद्दे को प्रश्नकाल के बाद उठाने को कहा और कार्य स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया इसके बाद कांग्रेस और सीपीआई माले के अलावा राजद के सदस्य सदन के बीचोंबीच आ गये और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की विधान परिषद् में सदन की कार्यवाही अपेक्षाकृत शांतिपूर्वक चली हालांकि नियोजित शिक्षकों के मुद्दे को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने परिषद् में कुछ देर तक हंगामा किया राज्य में माध्यमिक शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों की हड़ताल के कारण कई स्थानों पर इंटरमीडिएट पुस्तिकाओं की जांच शुरू नहीं हो सकी है हड़ताली शिक्षकों ने विभिन्न प्रखंड संसाधन केन्द्रों और स्कूलों के समक्ष नारेबाजी की कई स्थानों पर हड़ताली शिक्षकों ने ड्यूटी पर लगाये गये वित्त रहित और अन्य शिक्षकों को जांच केन्द्रों पर जाने नहीं दिया इधर सरकार ने कहा है कि जो भी काम में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी औरंगाबाद जिले में सीआरपीएफ की एक सौ तिरपनवीं बटालियन और कोबरा बटालियन की टीम ने नक्सलियों द्वारा वसूले गये पंद्रह लाख रूपये लेवी का पैसा जब्त किया है पुलिस अधीक्षक दीपक वर्णवाल ने बताया कि दो लोगों को अम्बावारतरी गांव के पास से वाहन के साथ गिरफ्तार किया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है उत्तर बिहार में शिवहर सहित आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी खबर है हमारे शिवहर संवाददाता ने बताया कि अब से कुछ देर पहले जिले में कई स्थानों पर तेज बारिश हुई लगातार दो दिनों तक हुई बारिश के कारण जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गयी है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ चार के शिवहर सीतामढ़ी सड़क मार्ग और शिवहर मोतिहारी बेलवा मार्ग पर कीचड़ फैलने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान भागलपुर के सबौर में सबसे अधिक छत्तीस दशमलव चार मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गयी मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना गया भागलपुर पूर्णिया समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले चौबीस घंटों के दौरान बादल छाये रहेंगे

भारतीय वायूसेना बालाकोट में किए गए हमले की आज पहली वर्षगांठ मनायी जा रही है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में आज ही के दिन आतंकवादियों के प्रशिक्षण ठिकानों पर वायुसेना ने बम बरसाकर उन्हें नष्ट कर दिया था

इसके कुछ दिनों बाद ही जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय वायु सेना ने बालाकोट में हवाई हमला किया ओर जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी प्रशिक्षण शिविर को ध्वस्थ कर दिया

इस ऐतिहासिक कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा की जा रही कार्रवाई के तरीके में बड़ा बदलाव लाया है जहां हर आतंकी गतिविधियों का मुंहतोड जवाब दिया जा रहा है दीपंद्र कमार आकाशवाणी समाचार उसी दिन राजस्थान के चुरू में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भरोसा दिलाया था कि देश सुरक्षित हाथों में है

सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा मैं देश नहीं रुकने दूंगा मैं देश नहीं झूकने दूंगा इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना को उसके अदम्य शौर्य और पराक्रम के लिए नमन किया है श्री सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ नई रणनीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने के तरीकों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरके एस भदौरिया ने श्रीनगर में बालाकोट के वीर जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया भारत दौरे पर पहुंचे मॉरीशस के राष्ट्रपति पृथ्वी राज सिंह रूपन ने अपने प्रवास के दूसरे दिन आज गया और नालंदा में कई पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया श्री रूपन ने गया में फल्गू तट पर पिंडदान किया इसके बाद उन्होंने नालंदा जाकर नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर और अवशेषों को भी देखा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से आज बेतिया में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया संत कोलम्बस उच्च विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने चित्रांकन और रस्साकस्सी प्रतियोगिता में भाग लिया दफादार चौकीदार संघ ने सरकार से विधानसभा चुनाव के पहले दफादारों और चौकीदारों के आश्रितों की नियुक्ति और समायोजन करने की मांग की है संघ की समन्वय सभा की आज पटना में बैठक हुई जिसमें दफादारों और चौकीदारों के पक्ष में कई प्रस्ताव पारित किये गये सीतामढ़ी की जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने जिले में प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत बनाये जा रहे गोल्डन कार्ड योजना की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने प्रत्येक पंचायत में प्रतिदिन पचास गोल्डन कार्ड बनाने का निर्देश दिया कटिहार जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी शिक्षक को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है साथ ही पचास हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है जमुई जिले के बरहट प्रखंड के तम्कूलिया गांव में सीआरपीएफ की एक सौ इकतीसवीं बटालियन ने शिविर लगाकर लोगों के बीच आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया खगड़िया जिले के भरतखंड इलाके में तीस फीट गहरे एक बोरवेल में फंसकर दम घुटने से छह वर्ष के एक बच्चे की मौत हो गयी वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक खेत के बोरिंग रूम से एक हजार से अधिक अवैध शराब की बोतल जब्त की है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों की हड़ताल को गलत बताया

विधानसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित

और प्रदेश के कई इलाकों में आज भी हुई बारिश